मनोहर पर्रिकर का गोवा में राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार

अधिसूचना निर्वाचन आयोग ने लोकसभा के पहले चरण के चुनावों के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी

मतदाता संवाद संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अभिजीत अग्रवाल ने फेसब्क लाइव के जरिए प्रदेश के मतदाताओं से संवाद किया इस दौरान श्री अग्रवाल ने चुनाव प्रकिया और मतदान के महत्व साथ ही ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी पर प्रकाश डाला उन्होंने नये मतदाताओं से अधिक से अधिक वोट देकर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने की अपील की

इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी इस अवसर पर उन्होंने लोगों द्वारा पूछे गये निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्नों का जवाब भी दिया

आयोग ने अब चुनाव घोषणा पत्र को आदर्श आचार संहिता का भाग बना दिया है इसके लिए पार्टियों के लिए चुनाव की घोषणा के बाद नियमों का पालन करना जरूरी है

आयोग के अनुसार यह प्रावधान आगामी सभी चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता का अंग रहेगा और इसे लागू किया जाएगा

केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए परिषद की अरवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे बैठक में अचल संपदा क्षेत्र के लिए जी एस टी दरों में कमी को लागू करने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा होने की संभावना है परिषद ने अपनी पिछली बैठक में निर्माणाधीन फ्लैट पर कर की दर हटाकर पांच प्रतिशत कर दी थी जबकि किफायती और सस्ते घरों पर एक प्रतिशत की दर से जी एस टी का निर्धारण किया गया था करों की नई दर पहली अप्रैल से लागू होगी एसपी कंग्रेस बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस से कहा है कि वह उत्तबर प्रदेश में उन सात लोकसभा सीटों के बारे में गलतफहमी पैदा न करे जिन्हें उसने बसपा समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के लिए छोड़ा है एक प्रेस विज्ञप्ति में बसपा प्रमुख ने अपनी पार्टी का यह निर्णय दोहराया कि वह उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं कर रही है

विवाद मौत भिण्ड जिले में मकान के बाहर एक नाली को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के बीच गोली चलने से दो लोगों की मौत हो गई

पुलिस सूत्रों के अनुसार अटेर थाना क्षेत्र के बडापुरा गांव में दो परिवारों के बीच नाली को लेकर पिछले डेढ साल से विवाद चल रहा था इस बीच दोनों पक्षों के बीच पथराव हुआ और फिर लाठी डंडों के साथ फायरिंग शुरू हो गई जिसमें कल्लू भदौरिया और सोनू भदौरिया की गोली लगने से मौत हो गई फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किये जा रहे हैं ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन देख सकते हैं इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू द्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं पर्रिकर अंत्येष्टि गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का आज पणजी के मिरामार बीच के पास पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया इससे पहले श्री पर्रिकर का पार्थिव शरीर पणजी की कला अकादमी ले जाया गया था जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी इस दौरान सुरक्षा और यातायात के व्यापक प्रबंध किये गये थे श्री पर्रिकर के सम्मान में केन्द्र सरकार ने आज राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी तथा आज देशभर में राष्ट्रीय ध्वज आधे झके रहे गोवा में सात दिन तक राष्ट्रीय शोक रहेगा कार्यक्रम सूचना प्रादेशिक समाचार एकांश के साप्ताहिक कार्यक्रम आजकल में अब से कुछ देर बाद शाम आठ बजकर पन्द्रह मिनिट पर सुनिये होली त्यौहार पर आधारित कई रोचक जानकारियां इससे पहले आठ बजे से प्रादेशिक समाचार दर्शन के जरिए जानिये प्रदेशभर के जिलों की तमाम गतिविधियां भगोरिया पर्व प्रदेश के आदिवासी बहल झाब्आ और अलीराजपुर जिलों में इन दिनों आदिवासियों के प्रमुख पर्व भगोरिया की धूम है आदिवासी परंपरा के अनुसार ढोल मांदल की थाप पर नाचते गाते और सज संवरकर आदिवासी भगोरिया पर्व पर आयोजित मेले में पहुंच रहे हैं मेले में झूले और चकरी का भी आनंद लिया जा रहा है वहीं राजनीतिक दल भी इन हाट बाजारों में रंगारंग गेर निकाल रहे हैं जगह जगह पंच सरपंचों का साफा बांधकर सम्मान किया जा रहा है साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा जगह जगह ईवीएम मशीनों और वीवीपेट मशीनों के बारे में लोगों को जानकारी देकर मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिये जागरूक किया जा रहा है निर्वाचन गुना गुना जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि सेक्टर अधिकारी मतदान केन्द्रों का भ्रमण और मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन एप के माध्यम से सुनिश्चित करें एशियाई एथलेटिक्स हांगकांग में एशियाई युवा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भारत के लड़कों की मेडल रिले टीम ने स्वर्ण पदक जीता है इस जीत से खेल के अंतिम दिन भारत की युवा टीम पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रही

मौसम प्रदेश में पिछले चौबीस घण्टों के दौरान जबलपुर शहडोल सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा दर्ज की गई जबकि शेष जगहों का मौसम सामान्य रहा मैहर में तीन परसवाड़ा रीवा अनूपपुर बालाघाट सिंगरौली मण्डला लखनादौन अमरकंटक में एक से दो सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा और शहडोल संभाग में गरज चमक के साथ बौछार पड़ने के आसार जताये हैं

बताया गया कि ये दोनों ही व्यक्ति भागलपुर के निवासी थे इस हादसे में घायल तीन अन्य लोगों को जबलपुर ले जाया गया है